आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने उन विभिन्न युद्वों और क्षणों का जिक किया जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने अपने जज्बे और साहस का परिचय दिखाया और देशवासियों को गौरवांवित होने का मौका दिया

उन्होंने शास्त्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े पहलूओं के बारे में बात की श्री मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का जिक करते हए कहा कि सितम्बर में शुरू हए इस अभियान में पूरे देशवासियों ने अपना योगदान देकर अभियान को सफल बनाया

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सफल कहानी बन चुका है इसी सिलसिले में भारत में इतिहास का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें दुनिया भर के स्वच्छता मंत्री और विशेषज्ञ स्वच्छता से जुड़े अपने प्रयोगों को साझा कर रहे है

उन्होंने कहा कि आयोग ने मानवाधिकारों की रक्षा की है और मानव गरिमा को बढ़ाया है आज हर व्यक्ति को मानवाधिकार को जानने की जरूरत है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में आने वाले पर्व नवरात्र दुर्गा पूजा और विजयदशमी पर्व की देशवासियों को बधाई दी भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में तीन दिवसीय पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है

प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर पराक्रम पर्व के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है असम के कोकराझार जिले के गौसाईगांव में तैनात सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जवान सीकर जिले के निवासी रोहिताश कुमार यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतुक गांव भारणी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ होगा

केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विराटनगर में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे

इसका उद्देश्य देश में मोबाइल फोन निर्माण को बढावा देना है